केंद्र सरकार द्वारा भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को न देने के फैसले का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सभी शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों के साथ की बैठक

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उदेश्य से मंडी ज़िले के द्रंग में अटल आदर्श विद्यालय खोला जाएगा क्षेत्र के नारला में आज एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि नमक की खानों की खुदाई का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा उन्होंने कहा कि ज़िलावासियों की मांग को देखते हुए भविष्य में मंडी ज़िला का नाम बदलने पर विचार किया जाएगा उन्होंने कहा कि मंडी को इसके प्राचीन नाम मांडव्य से ही जाना जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ज़िले की जनता नाम बदलने के पक्ष में होगी तो ही सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी इससे पहले जयराम ठाकुर ने वल्लभ क्लस्टर विश्वविद्यालय भवन और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखने के अलावा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास भी किए मुख्यमंत्री ने मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को अधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी दिया इस अवसर पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद रामस्वरूप शर्मा और विधायक जवाहर ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के पड्डल मैदान में आज भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित रोजगार मेले का शुभारम्भ भी किया

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को न देने के फैसले का स्वागत किया है मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हुई जलसंधि का कोई उल्लघंन नहीं किया जा रहा है और जो पानी रोका जाएगा वो भारत के हिस्से का है जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की कायराना हरकत का हर स्तर पर करारा जवाब दे रही है

उन्होंने कहा कि इसके बनने से स्थनीय लोगों के साथ साथ ऐतिहासिक बैजनाथ शिव मंदिर में आने वाले पर्यटकों को अपने वाहनों को पार्क करने में सुविधा होगी

इस मौके पर स्थानीय विधायक मुल्ख राज प्रेमी ने कहा कि वैजनाथ में पर्यटन की आपार संभावनाएं है और प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है बिक्रम ठाकुर प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंदो के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है और समाज के हर वर्ग का विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जस्वां परागपुर क्षेत्र की कोटला बेहड़ पंचायत में आज एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है बिक्रम ठाकुर ने सन्निर्माण व अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पात्र लोगों को सोलर लैम्प व आर्थिक सहायता के चैक वितरित किए

सुरेश भारद्वाज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज देश के सभी शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की इस दौरान सभी राज्यों ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री के साथ मंडी से बातचीत में बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में हैंड रिटन कक्षा व विषयवार लर्निंग आउटकम चार्ट लगा दिए गए हैं उन्होंने बताया कि सीखने के प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों को टीचर एप्प का प्रशिक्षण भी दिया गया है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी राजकीय स्कूलों में सत्र के शुरू होते ही एनसीईआरटी पाठयक्रम की पुस्तकें पहुंचा दी जाएंगी और निजी स्कूलों को भी इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं विपिन परमार प्रदेश सरकार लोगों को आधुनिक व बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवर सुनिश्चित बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के साई भ्रांता में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद आज ये बात कही

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है

वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा विभिन्न उद्योगों में रोजगार हासिल कर रहे हैं और स्वरोजगार भी अपना रहे हैं

इस बीच बर्फ से निकाले गए बिलासपुर जिले के जवान राकेश कुमार का पार्थिव शरीर आज सेना के हैलिकॉप्टर के माध्यम से उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर दोपहर बाद से हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है लाहौल स्पिति जिले में बर्फबारी के बाद बिजली व संचार व्यवस्था बाधित है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए मरीजों को हैलीपैड पहुंचाने में भी दिक्कते आ रही है

वर्षा व बर्फबारी से सेब के बागीचों और पेयजल पाईपों को भी काफी नुकसान पहुंचा है उधर चंबा में हिमपात से अधिकतर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित है जिसके चलते आज जिले के सभी स्कूल व कॉलेज बंद रहे कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते अब तक भी बहाल नहीं हो पाया है

उन्होंने कहा कि जिले में वर्षा व बर्फबारी से अनेक सड़कें अवरूद्व हो गई हैं जिससे यातायात प्रभावित हुआ है गोबिंद ठाकुर ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को सड़कों की बहाली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और स्थानीय लोगों से भी पुर्नबहाली के कार्यों में सहयोग की अपील की है

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी